बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद तथा आनन्द शर्मा तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने भाग लिया बजट सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा बजट शनिवार को प्रस्तुत किया जायेगा निर्मया दोषी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्भया केस में दोषी अक्षय सिंह की क्यूरेटिव पीटीशन आज खारिज कर दी है अक्षय सिंह ने न्यायधीश एन बी रमना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच से फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी शहीद दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र आज बापू को याद कर रहा है भोपाल के संत हिरदाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गांधी तुम्हें नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और गांधी स्तम्भ को लोकार्पण किया गांधी पीठ जहां महात्मा गांधी पर शोधकार्यों को प्रोत्साहित करेंगी वहीं गांधी स्तम्भ पर बापू की शिक्षाओं और आंदोलनों को उकेरा गया है उधर प्रदेश में आज शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के बलिदान दिवस और अन्य शहीदों की स्मृति में दो मिनिट का मौन रखा गया इसके अलावा श्रद्वांजलि और सर्वधर्म सभाएं आयोजित की गई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल के मिंटो हाल परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को गांधी जी के विचारों और सोच को अपनना चाहिए वहीं मंत्रालय भवन के सामने आयोजित सभा में भी महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण किया गया प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी गांधीजी को श्रद्वांजली दी गई शिवपुरी जिले में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ट्रेनिंग स्कूल में शहीदों को याद किया गया अन्य जिलों में भी इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

प्रदेश में भी ये पर्व आज परंपरागत श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर देवी सरस्वती के पूजन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भोपाल स्थित मानस भवन में महिला मानस मंच द्वारा बसंत उत्सव का आयोजन किया गया इस अवसर पर गांधी आश्रम के दिव्यांग बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई उमरिया जिले में नदियों में स्नान के साथ श्रद्वाल शिवालयों और गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं विशेष तौर पर शिक्षण संस्थानों में मॉ सरस्वती की आराधना के कार्यक्रम और शिवालयों में मेले आयोजित किये जा रहे हैं धार में भी आज इस अवसर पर चार दिवसीय भोज उत्सव आरंभ हुआ और यहां की प्रसिद्ध भोजशाला में मॉ सरस्वती यज्ञ में श्रद्वालु भाग ले रहे हैं मंदसौर जिले में इस मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है विधायक निधन आगरमालवा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोहर ऊंटवाल का आज निधन हो गया है श्री ऊंटवाल का बीमारी के चलते गुणगांव के वेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था पिछले दिनों इंदौर में ब्रेन हेमरेज के बाद उनका आपरेशन हुआ था उसके बाद फेफड़े में संक्रमण होने के कारण श्री ऊंटवाल को उपचार के लिए वेदांता अस्पताल ले जाया गया था उनका अंतिम संस्कार कल रतलाम जिले के आलोट में किया जायेगा मनोहर ऊंटवाल शिवराज सरकार ने नगरीय प्रसाशन मंत्री भी रहे हैं

इस मौके पर रैली निकाली गई